उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि वे नवाचार को बढ़ावा दें जो मानवता के हित में हो

बाद में श्री मोदी ने आई आई टी बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग और पर्यावरण विज्ञान तथा इंजीनियरिंग केन्द्र के नए भवन का उद्घाटन किया

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के कारण तीन तलाक विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि संसद का यह सत्र सामाजिक न्याय के सत्र के तौर पर याद किया जायेगा

जयपुर हवाई अडडे से रामलीला मैदान तक किए गए रोड शो के दौरान जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका स्वागत किया बाद में रामलीला मैदान में प्रतिनिधिसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान सहित तीन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आएगी

उन्होंने कहा कि नौजवान और किसान मिलकर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे सभा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी ने भी सम्बोधित किया श्री गांधी ने इसके बाद गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन किए

उपचुनाव आयक्त संदीप सक्सेना और सुदीप जैन ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव के लिए प्रशासन और पुलिस तंत्र को खासी तैयारी करनी होगी

इस अवसर पर झालावाड़ के झालरापाटन के विभिन्न क्षेत्रों में आज उज्जैयानी मनाई जाती है जिसमें लोग शाम को पिकनिक स्थलों पर जाकर भोजन करते हैं और सावन के झूलों का आनन्द लेते है ड्रंगरपुर में हरियाली अमावस्या का त्योहार पारम्परिक उत्साह के साथ मनाया गया वहां आज से दशा माता का दस दिन का उदयापन भी शुरू हुआ नागौर में इस अवसर पर लोगों ने गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया और दान पुण्य किया सवाईमाधोपुर में आज मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ पतंगबाजी का जोर रहा उधर उदयपुर में आज से हरियाली अमावस्या का दो दिन का परम्परागत मेला शुरू हुआ हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में बडी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं

पुलिस के अनुसार शहर के सूर्य नगर मोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी